परीक्षाओं के पुन संचालन की सूची जारी की

यह उपग्रह देश की सुरक्षा से सम्बधित जानकारियां जूटाने का सामर्थ्य रखता है इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार किया गया है आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि आज की सफलता से पीएसएलवी लांच व्हीकल पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का विश्वास और दृढ़ हो गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एमीसेट के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई है प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के वर्धा में एक च्नाव रैली को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर शांति प्रिय हिन्दू सम्दाय पर आतंकवादी का ठप्पा लगाने का आरोप लगाया और कहा कि हिन्दू आतंकवाद शब्द रचकर करोड़ा हिन्दूओं का तौहीन की गई है उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को सम्बोधित करते ह्ये कहा कि उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई विचारक है उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट भारत के लिये काम कर रही है अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण आज से शुरू हो गया है

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे तीर्थयात्रा में रवाना होने से पहले अपने डाक्टर से सलाह जरूर लें

कठिन रास्ते व खराब मौसम के दृष्टिगत सभी यात्रियों को पूरी तैयारी के साथ आने को कहा गया है हरेक आवेदक को अपने स्वासथ्य के बारे में किसी अधिकृत डाक्टर का प्रमाणपत्र और पिछला ईलाज का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा हरियाणा के राज्यपाल ने आईपीएस अधिकारी श्री हेमन्त कलसन को त्रंत प्रभाव से निलंवित कर दिया है गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा एस एस प्रसाद दवारा जारी आदेशों के अन्सार निलंवल के दौरान उन्हें सर्व भारतीय सेवा के नियमानुसार गुज़ारा भत्ता मिलता रहेगा और निलंबल के दौरान उनका कार्याकाल हरियाणा पुलिस महानिदेशक के म्ख्यालय मे रहेगा पंचकूला के माता मनसा देवी और कालका के कालीमाता मंदिरों में चैत्र नवरात्र मेलों की तैयारियां शुरू हो गई है आज उपाय्क्त डा बलकार सिंह ने प्रशासन और पुलिस दवारा किये जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी काम शीघ्र निपटाने के निर्देश दिये उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिये माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर निकलने के लिये तीन तीन रास्ते बनाये गये है और इस बार मेले में स्निश्चित किया जायेगा कि पौलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न हो और उलखंघना करने वालों पर नियमान्सार ज्माना किया गया उपाय्क्त ने बताया कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के अलावा नगर निगम द्वारा चार मोबाइल शौचालय व जनस्वास्थ्य विभाग साठ अस्थायी शौचालय भी तैयार किये जा रहे है लोगों की लूट को रोकने के लिये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मेले में लगी सभी द्कानों की कीमत सूची लगाने को कहा गया है उन्होनें कहा कि सुरक्षा के भी पर्याप्त प्रबंध किये गये है

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिर्टन भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है

ये परीक्षायें चार व पांच अप्रैल को आयोजित की जायेगी

इसलिए इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया और आज आयोग ने इन अध्यापकों की ज्वाइनिंग को मंजूरी दे दी

उन्होंने बताया कि आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को नवनियुक्त उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के कारण कार्यभार और पद रिक्ति के अन्सार समायोजित करने के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के क्छ अन्य विषय भी स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गए जिन्हें भी भारत निर्वाचन आयोग के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया था

हरियाणा के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र चुनाव कार्यालय द्वारा लगातार आचार सहिता के उल्लंघन पर नज़र रखी जा रही है सोनीपत के अतिरिक्त उपाय्क्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि इसके साथ साथ सरकारी विभागों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के जरिये मताधिकार के प्रयोग के बारे जागरूक लाने को कहा गया था श्री आर्य ने कहा कि सामाजिक व धार्मिक संगठनों को इस बारे जनता को जागरूक करना चाहिए उधर पंचकूला में उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार ने स्पष्ट आदेश जारी किये है कि च्नाव विज्ञापनों में साम्रदायिक गैर कानूनी जाति भाषा व राष्ट्र विरोधी सामग्री का प्रयोग कतड्र नहीं होना चाहिए अम्बाला में प्लिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा है कि संवदेनशील क्षेत्रों में फलैग मार्च किय जा रहे है उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाह फैलाने वाले और भाईचारा बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों बारे तुरंत पुलिस को सूचना दे

हरियाणा में आज गेहूं की विधिवत खरीद श्रू हो गई है सभी मंडियों में खरीद के पर्याप्त प्रबंध किये गये है लेकिन अभी तक कही से खरीद का कोई ब्यौरा नहीं मिला है प्रदेश में सरसों की खरीद भी चल रही है

उन्होंने बताया कि कल गांव कलिंगा मिताथल तिगडाना के किसानों की सरसों खरीदी जायेगी दिल्ली और फरीदाबाद से सटे कांत एनकलेव में आज सुबह से पर्यावरण नियमों की उल्लंघना कर बनाये गये मकानों की तोड़ फोड़ की जा रही है जिला टाउन एंड कनटरी प्लेनिंग विभाग के अधिकारियों ने भारी प्लिस बल के साथ सुबह तोड़ फोड़ की कार्रवाई श्रू की काबिलेगौर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन मकानों को तोड़ने के आदेश दिये है एक याचिका के माध्यम से पर्यावरण के नियमों की अवहेनाना कर इन बने मकानों के निर्माण को च्नौती दी गई थी